हंगामें के बीच विधानसभा में आज उपाध्यक्ष का चयन भी हआ और फिर विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया हालांकि विपक्षी दल भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाही को गैर लोकतांत्रिक करार दिया है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का कहना है कि हमने विधानसभा अध्यक्ष की शिकायत के लिये राष्ट्रपति से समय मांगा है वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि विपक्ष ने परम्परा तोड़ी है इस बीच नई सरकार के इस पहले अनुप्रक बजट में करीब पांच हजार करोड रुपए का प्रावधान किसानों की कर्ज माफी के लिए किया गया है

वहीं राज्य विधानसभा में आज उपाध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान हंगामा चलता रहा हंगामें के बीच ही कांग्रेस विधायक हिना कांवरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया इस दौरान कई बार कार्यवाही स्थगित करना पड़ी आखिरकार अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने हंगामे के बीच ही उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर हिना कांवरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर उन्हें शुभकामनाएं दी उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती कांवरे कांग्रेस प्रत्याशी थीं जबकि भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री जगदीश देवड़ा को उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया था

मामले की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ से न्यायमूर्ति यूयू ललित के अलग होने के कारण पीठ का पुनर्गठन किया जाएगा

हालांकि उन्होंने कहा कि वे न्यायमूर्ति यू यू ललित को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं लेकिन न्यायमूर्ति ललित ने स्वयं सुनवाई से अलग होने का फैसला किया

राज्यसभा ने कल रात इसे पास किया जबकि लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है

उन्होंने कहा कि इस विधेयक को अच्छी मंशा के साथ लाया गया है और इसका उद्देश्य लक्षित लाभार्थियों को आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है

भोपाल टीकमगढ़ गुना अशोकनगर आगरमालवा और होशंगाबाद सहित पूरे प्रदेश से इस कार्यशाला की खबरे आ रही हैं

एसपी ने बताया कि विभाग में भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों में जो लोग भी लिप्त होंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी

जिसके चलते ठंड बढ़ गई है कल प्रदेश का सबसे ठंडा शहर खजुराहो रहा यहां न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पिछले चौबीस घंटों के दौरान खज्राहो नौगांव बैतूल ग्वालियर और दतिया में शीतलहर का प्रभाव रहा अगले चौबीस घंटों में बैतूल छतरपुर ग्वालियर और दतिया जिले में शीतलहर चलने की संभावना है मौसम विभाग ने मंदसौर शाजापुर उज्जैन आगर दतिया मुरैना शिवपुरी गुना खजुराहो दमोह रतलाम धार पचमढ़ी और रतलाम में कोहरा छाने की भी संभावना जताई है